मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस अवसर पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा रेलमंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खण्ड हरियाणा और राजस्थान में आता है

इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाडियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाडी मानेसर नारनौल फूलेरा और राजस्थान के किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा इस रेल खंड के शुरू हो जाने से देश का पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड जाएंगे केन्द्र सरकार ने देश के कूछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार के उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है राजस्थान मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश और केरल के कुछ स्थानों पर बर्ड फ्लू के फैलने की खबर है केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाएं उनसे यह भी कहा गया है कि वे बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इसपर निगरानी रखें राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इस बारे में वन विभाग से भी सम्पर्क स्थापित करें अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में सतर्कता बरतें और आवश्यक उपाय के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करें इस रोग के मनुष्यों में फैलने की कोई सचना नहीं है इधर प्रदेश में विभिन्न जिलों से पक्षियों की मृत्यू के मामले सामने आने के बाद से लगातार सतर्कता बरती जा रही है

वहीं प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया क्षेत्र के नानणा गांव में चार कौओं की मौत के बाद वन एवं पश्पालन विभाग हरकत में आ गया है जिले में कौओं की मौत की खबर के साथ ही अलर्ट जारी कर दिया गया है

सूचना के बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने मृत पक्षियों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे है

इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि बर्ड फ्लू के रूप में एविएन इन्फ्लुएंजा संक्रमण धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और उसे एक्शन प्लान बनाकर काम करना चाहिए था

इसके लिये विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने इसके लिये दोनों जिलों के कलक्टरों को पत्र लिखा है राज्य में दो और तीन जनवरी को तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई जिलों में न्कसान हुआ है

यह कार्रवाही अलवर स्थित उनके कार्यालय पर की गई

चिकित्सा विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि सात जिलों में पहले पूर्वाभ्यास हो चुका है अब शेष जिलों में पूर्वाभ्यास होगा जिसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है

आज का प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ हैं तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा इसका जवाब है फोटो आईडी टीकाकरण स्थल पर सत्यापन के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है

इसके अलावा जोधयासी नागौर से हमारे श्रोता मंगाराम चायल गांव मंगले की बेरी गुढ़ा मालानी बाड़मेर से तेजेश ढाका और जोधपुर से दिनेश विश्नोई ने भी मैसेज भेजकर कोराना से बचने के लिये मास्क पहनने उचित दूरी बनाये रखने और हाथ धोने की अपील की है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं इस बारे में चिकित्सा निदेशालय द्वारा देदिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सड़क दुर्घटना से संबंधित आपातकालीन परिस्थिति में अस्पताल और डॉक्टर से चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराने की आशा की जाती है ऐसे में घायल का इलाज नहीं किए जाने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी राज्य सरकार के इस फैसले से सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा

आज भी सुबह जयपुर चूरू श्रीगंगानगर सीकर टोंक जोबनेर अलवर सहित कई जगह बारिश हुई है कई स्थानों पर शीतलहर और घना कोहरा छाने से जन जीवन भी प्रभावित है मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में पारा एक बार फिर जमाव बिन्दू से नीचे चला गया है